प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्वांजलि दी है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इन वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया जिन्होंने मां भारती के इन सच्चे सप्तों को जन्म दिया

करगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पाल कर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था लेकिन कहा जाता है न बैरू अकारण सब काहं सो जो कर हित अनहित पाहुं सो यानी दुष्टल का स्वाभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड महामारी का मुकाबला किया है उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित किया है आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्यं देशों के मुकाबले बेहतर है साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्योदातर देशों से काफी कम है निश्चित रूप से एक भी व्यसक्ति को खोना दुखद है लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है लेकिन साथियो कोरोना का खतरा टला नहीं है

हमें बहुत ही ज्या दा सतर्क रहने की जरूरत है हमें ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कुछ लोग और संस्थाएं रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे है साथियो अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि ेकई लोग और संस्थायें इस बार रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहें हैं

हमारे पर्व हमारे समाज को हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े उसका भी पर्व खुशहाल हो तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने कहा कि बारिश के मौसम में देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ का सामना कर रहा है बिहार असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में बाढ़ के कारण काफी मुश्किलें पैदा हो रहीं हैं सभी सरकारें एनडीआरएफ की टीमें राज्य की आपदा नियंत्रण टीमे स्वयं सेवी संस्थाएं मिलकर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं उन्होंने लोगों से कहा कि वे साफ सफाई पर ध्यान दें और प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का इस्तेमाल करें

उन्होंने कहा कि हमारा देश महान विभूतियों की तपस्या की वजह से इस ऊंचाई पर पहुंचा हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज उन छात्रों से भी बातचीत की जिन्होंने इस साल बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है उनमें से एक उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के होनहार छात्र उस्मान सैफी भी शामिल थे बाइट उनसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने वर्डस गेस्ट क्लीन होते हुए भी मुझसे एक आम नागरिक की तरह बात की उन्होंने मुझे मेरे परिवार और शुभचिन्तकों को बहुत बहुत शुभ कामनायें दी मेरी कामयाबी का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है मेरे फेवरेट सबजेक्ट कौन सा है टैक्नालॉजी में रूचि रखते हो

उनसे बात करके ऐसा लगा जैसे मेरा सपना साकार हो गया हो

मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ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

राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस पर शूर वीरों को श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है

इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्ररपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने माँ भारती की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया राष्ट्रपति ने कहा है कि करगिल विजय दिवस देश की सशस्त्र सेनाओं के निर्भीक संकल्प और असाधारण शौर्य का प्रतीक है

गृह मंत्री ने कहा है कि करगिल विजय दिवस देश के गौरव शौर्य और कुशल नेतृत्व का प्रतीक है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में करगिल युद्ध के शहीदों का श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रष्पांजलि अर्पित की उन्होंने कहा करगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह वियोत्सिव साथियों हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं

गोरखपुर एम्स में पहले और दूसरे चरण में पचास पचास वार्ड बनाये जाने हैं इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया

बलिया और वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों में अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों पर चचा की

कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर दो दशमलव तीन एक प्रतिशत तक आ गई है

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के तीन हजार दो सौ साठ नये मामले सामने आये हैं लखनऊ में आज अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन ने बताया कि राज्य में कोरोना के तेईस हजार नौ सौ इक्कीस मामले एक्टिव हैं अब तक इकतालिस हजार छः सौ इक्यासी मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने कहा है कि विज्ञान और प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता देश की जरूरत है

राज्यपाल ने कहा कि स्थापना दिवस समारोह आत्ममंथन का अवसर होता है आत्ममंथन से कमियों को दूर करके आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है